आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संकमण से साढ़े चौदह हजार से अधिक लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गये

राज्य में कुल संक्रमित मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से काफी कम है भोपाल के जिला न्यायालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाये जाने पर फायलिंग सेक्शन और कम्प्यूटर अनुभाग के सभी कर्मचारियों को पांच दिन के लिए होम क्वारेंटाईन पर भेजा गया है

इनमें डाक्टर भी शामिल है

जिले में आज और कल टोटल लाकडाउन किया गया है सीमा निगरानी निर्देश मध्य प्रदेश मेंगृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाये इसी तरह प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की ट्रेसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान इन पर अमल करने को कहा था

श्री कुलस्ते इस दौरान मंडला जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे उसके बाद और एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे

आवश्यक सेवाएं जारी रहेगीं

इससे पहले जिले में दो दिन शनिवार और रविवार लाकडाउन था